प्रधानमंत्री संवाद प्रधानमंत्री ने अधिक आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और स्थिति को और सामान्य बनाने का संकेत देते हुए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण की योजना तैयार करने का अनुरोध किया है दोबारा लॉकडाउन लागू करने से संबंधित तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन समाप्ति के दूसरे राष्ट्रव्यापी चरण की योजना बनाने और लोगों को नुकसान पहंचने की आशंकाओं को कम से कम करने पर सोचने की जरूरत है राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी वर्चुअल बैठक के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के संघर्ष को और सुद्रढ़ करने की रूपरेखा पर चर्चा की इसमें मध्य प्रदेष सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री षामिल हुए

जिले में घर घर कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए कल से घर घर जाकर सर्वेक्षण का काम षुरू किया गया इसके लिए आँगनवाड़ी कोन्द्रों को संचालन इकाई बनाया गया है

राज्य के छह जिलों में अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं हैं

इंदौर और भोपाल के अलावा मुख्य रूप से उज्जैन नीमच ग्वालियर सागर खरगोन जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं राज्यसभा चुनाव प्रदेश की तीन राज्यसभा सीटों के लिये कल होने वाले चुनाव के लिये राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस इन चुनावों के लिये अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गये हैं प्रदेश में इन चुनावों के लिये नियुक्त भाजपा के पर्यवेक्षक केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे ने कल शाम भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों से मुलाकात की थी ये नेता आज यहां होने वाली विधायक दल की बैठक में भी भाग लेंगे इधर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी इस बैठक में मौजूद थे आज भी पार्टी के विधायकों की बैठक होगी

फीवर क्लीनिक इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा था ऐसे में अन्य बीमारियों से पीड़ित नागरिकों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए फीवर क्लिनिक षुरु किए हैं इन क्लिनिकों के कारण जिले के नागरिकों को बड़ी राहत मिली है

द्रदर्शन सुबह साढ़े छह बजे इसका प्रसारण करेगा

वहीं प्रदेष के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संकमण को देखते हुए विश्व योग दिवस पर प्रदेष में सामूहिक आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं

ये पुरस्कार केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं हमारे सागर संवाददाता ने बताया है कि सागर जिले को चार पुरस्कार मिले हैं प्रदेश के केसली विकासखंड की मरामाधौ तूमरी सरखेड़ा और बिनैका ग्राम पंचायतों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है इस पुरस्कार के तहत दस लाख रूपये की राशि दी जाती है इस राशि को पंचायते अपनी जरूरतों के मुताबिक विकास कार्यो के लिए खर्च कर सकती है मौसम मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में कुछ और जिलों में आगे बढ़ गया है इससे भोपाल और उसके आसपास के जिलों में कल रात से तेज बारिष हुई इंदौर जिले में मानसून के दस्तक देने के बाद से ही रूक रूक कर बारिष का दौर जारी है झाबुआ जिले में पिछले चार पांच दिनों से लगातार रूक रूक कर हो रही अच्छी बारिश के चलते किसान खेती बाडी के कार्य में जुट गए हैं